मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग सताईस प्रतिशत

बिहार के लिए चलायी जायेंगी साठ और ट्रेन

नीट परीक्षा छब्बीस जुलाई को प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित एक सौ बयालीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न अस्पतालों से तेरह मरीजों को छुट्टी दी गयी है उन्होंने बताया कि प्रदेश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग सताईस प्रतिशत है

इधर आज कोविड उन्नीस के सात नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच सौ पैंतीस हो गयी है आज जो नये मामले सामने आये हैं उसमें पांच कटिहार से हैं जबकि एक एक मामला कैमूर और सिवान का है प्रधान सचिव ने बताया कि कटिहार में छह महीने की एक बच्ची और सिवान जिले के बसंतपुर में साढ़े तीन साल के एक बच्चे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है श्री कुमार ने बताया कि बिहार में अब तक कुल बत्तीस जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं उन्होंने बताया कि इक्कीस जिले में पैंसठ प्रवासी मजदूरों में संक्रमण की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि राज्य में अब तक जो भी कोविड उन्नीस के पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनमें से इक्यासी प्रतिशत लोगों में रोग का कोई लक्षण नहीं मिला है श्री कुमार ने कहा कि ऐसी स्थिति में मामलों का पता लगाना काफी जटिल होता है उन्होंने कहा कि सरकार इसे लेकर सजग है और पॉजिटिव मामलों के निकट संपर्कों का पता लगाने के साथ साथ जांच बढ़ायी जा रही है श्री कुमार ने बताया कि अब भागलपुर स्थित जवाहर लाल नेहरु कॉलेज अस्पताल में भी कोरोना संक्रमण की जांच का काम शुरू हो गया है प्रदेश में कोरोना से पच्चीस सबसे अधिक प्रभावित जिलों में पचहत्तर कंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं सबसे अधिक पटना में पन्द्रह कंटेनमेंट जोन हैं जबकि भोजपुर और सिवान में सात सात कंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं राज्य सरकार ने दूसरे प्रदेशों से आने वाले नाबालिगों को होम क्वारेंटीन की सुविधा दी है हालांकि इसके लिए उन्हें एक शपथ पत्र भरना होगा कि वे घर में रहते हुए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे ऐसा नहीं करने पर उनपर कार्रवाई की जायेगी स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में सभी सिविल सर्जन को आदेश निर्गत कर दिया गया है उन्होंने बताया कि होम क्वारेंटीन में रह रहे लोगों के परिवार के किसी भी सदस्य में यदि कोविड उन्नीस का लक्षण पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल सर्विलांस दल के सदस्य या स्वास्थ्य विभाग के कॉल सेंटर एक सौ चार पर देनी होगी केन्द्र सरकार ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश भर में कोविड उन्नीस के सबसे अधिक उनतालीस सौ मामले सामने आये हैं जबकि एक सौ पंचानवे लोगों की मौत हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी

उन्होंने बताया कि राज्यों को निर्देश दिया गया है कि सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने के लिए भी हर संभव उपाय किये जायें

इनमें से तेरह हजार एक सौ इकसठ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक हजार पांच सौ तिरासी लोगों की मृत्यु हुई है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करने की सलाह दी है

इसमें आप इसको ट्रीटमेंट कह लें या फिर प्रीवेन्शन कह लें बचाव कह लें जो तरीके हैं जिससे यह कंट्रोल में पाया जा सकता है वो है सोशल डिस्टेन्सिंग रैस्पिरेट्री हाईजीन और या फिर कॉफ एटिकेट्स बोल देते हैं जिसमें खांसते और छींकते वक्त मुंह को कवर करना है केन्द्र सरकार ने कहा है कि कल से विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी होगी गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि इस सुविधा के लिए लोगों को भुगतान करना होगा

आज दस ट्रेनें राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची हैं कोटा से एक एक ट्रेन दानापुर और दरभंगा छात्रों को लेकर पहुंची वहीं बेंगलुरू और मेलूर से भी एक एक ट्रेन दानापूर पहुंची है एर्नाकुलम से प्रवासी श्रमिकों को लेकर चली एक ट्रेन बरौनी जंक्शन पहुंची अहमदाबाद से एक विशेष ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची आज चार और विशेष ट्रेनें त्रिशूर से दरभंगा कन्नूर से सहरसा साबरमती से मुजफ्फरपुर और एर्नाकुलम से मुजफ्फरपुर पहुंची वहीं केरल के कालीकट से दोपहर बाद ट्रेन कटिहार पहुंची इन ट्रेनों से बारह हजार आठ सौ प्रवासी मजदूर और छात्र पहुंचे हैं इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों से बिहर के लिए साठ और ट्रेनों के परिचालन का फैसला किया गया है

पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि क्वारेंटीन केन्द्रों में रह रहे लोगों के भागने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है

साथ ही उनका वेतन भी रोक दिया गया है सेंटर पर तैनात दो अन्य दंडाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है इस बीच पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने सहायक पुलिस अवर निरीक्षक संजय यादव को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है प्रदेश में अब तब लौकडाउन उल्लंघन के मामले में तेरह करोड़ रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक एक हजार आठ सौ साठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक हजार आठ सौ इक्कीस प्राथमिकियां भी दर्ज की गयीं हैं संतावन हजार सात सौ सड़सठ वाहन जब्त किये गये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान पन्द्रह मई तक करने का निर्देश दिया है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की जानकारी देते हुए सूचना और जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि इस महीने हुई फसल क्षति के आकलन के भी निर्देश दिये गये हैं

उन्होंने बताया कि जिन राशन कार्डधारियों को बायोमिट्रिक पद्धति से राशन लेने में दिक्कत हो रही है उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा अठारह से तेईस जुलाई तक होगी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज यह घोषणा की देशभर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जेई ई एडवान्स की परीक्षा अगस्त में होगी जिसकी तारीखें जल्दी ही घोषित की जाएंगी श्री निशंक ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा छब्बीस जुलाई को होगी

मेरी शुभकामना है कि आप खूब अच्छी तैयारी करें और आप चिंतित मत होइए ये वक्त आपको मिल रहा है

श्री निशंक ने कहा कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा

शिक्षा विभाग ने कक्षा एक से बारहवीं तक की सभी विषयों की पाठ्य प्रस्तक बिहार राज्य पाठ्य प्रस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड की बेवसाइट बीएसटीबीपीसी डॉट जीओवी डॉट इन पर अपलोड कर दिया गया है

प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में चौदह लोगों की मौत हो गयी पटना में तीन कटिहार जहानाबाद और सीतामढ़ी में दो दो जबकि नालंदा बांका शेखपुरा समस्तीपुर और अरवल में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात की घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है इधर मौसम विभाग ने कहा है कि काल वैशाखी और एक चक्रवाती सिस्टम के सक्रिय होने के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि आज हुई बारिश के कारण गेहूं और आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है वैशाली जिले के राजापाकड़ थाना अध्यक्ष को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है

मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग सताईस प्रतिशत

बिहार के लिए चलायी जायेंगी साठ और ट्रेन

नीट परीक्षा छब्बीस जुलाई को